राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक ट्वीट में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने लड़कियों को सशक्त करने के साथ साथ उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा की दिशा में भी कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि आज का दिन लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों और उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का भी दिवस है बालिका दिवस इस बीच राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए कड़ाके की ठण्ड के बीच केलंग में उपायुक्त पंकज राय ने लोगों को सही पोषण देश रोशन की शपथ दिलाई उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं बिलासपुर में अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी तोरूल रवीश ने एक बूटा बेटी के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया महेन्द्र सिंह मण्डी जिले में धर्मप्र क्षेत्र के भराड़ी में जल शक्ति विभाग के मण्डलीय कार्यालय का जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने आज लोकार्पण किया एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के खुलने से क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई परियोजनाओं को नई गति मिलेगी महेन्द्र सिंह ठाक्र ने कहा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जा रही है वीरेन्द्र कंवर कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में हींग की खेती की पायलट परियोजना सफलतापूर्वक आरम्भ की गई है

वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि पायलट परियोजना के तहत कवर किए गए क्षेत्रों के साथ लगते नए क्षेत्रों में भी हींग की खेती की संभावनाएं तलाशने का कार्य किया जाएगा वन मंत्री वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका है वे आज कांगड़ा ज़िले के नूरपुर में नवनिर्वाचित प्रधानों उप प्रधानों और समिति सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने क्षेत्रों के विकास के लिए मिलजुल कर कार्य करने और नई नई परियोजनाएं तैयार करने का आग्रह किया

जिले के सभी उपमण्डल मुख्यालयों में उपमण्डल अधिकारियों ने प्रधानों व उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई

इस दिवस का उद्देश्य मतदाताओं विशेषकर नये मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में उनको नामांकन के लिए प्रेरित करना है